राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने डेंगू की जांच के लिए सरकारी स्तर पर अधिक से अधिक निशुल्क जांच केंद्र स्थापित करने के दिये निर्देश टिहरी झील में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए कराया जाएगा सर्वे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया

वहीं सरकार ने इलेक्ट्रानिक सिगरेट यानी ई सिगरेट के उत्पादन बिक्री भंडारण और आयात निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैबिनेट की बैठक के बाद इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए अध्यादेश लाया जायेगा जिसका उल्लंघन करने पर सजा का भी प्रावधान किया गया है पहली बार गुनाह पर एक साल की सजा या एक लाख रूपये का जुर्माना या दोनों है

ई हुक्का को भी इसके तहत प्रतिबंधित किया गया है राज्यपाल राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने डेंगू के लिए सरकारी स्तर पर अधिक से अधिक निशुल्क जांच केंद्र स्थापित करने और निशुल्क जांच की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने स्वास्थ्य सचिव और महानिदेशक को राजभवन बुलाकर प्रदेश में डेंगू की स्थिति और अब तक की गयी कार्रवाई की जानकारी ली राज्यपाल ने कहा कि डेंगू पीड़ितों का पूरा ध्यान रखा जाय उन्होंने डेंगू टेस्ट के लिए निजी पैथोलॉजी लैबों में लिए जाने वाले शुल्क और उनकी जांच रिपोर्ट की गुणवत्ता पर पूरी नजर रखने के निर्देश दिये राज्यपाल ने कहा कि डेंगू से बचाव के तरीकों और डेंगू हो जाने की स्थिति में उठाए जाने वाले आवश्यक क़दमों की जानकारी लोगों को नियमित रूप से दी जाए

तीन चरणों मे होने वाले पंचायत चुनाव के नामांकन पत्रों की बिक्री इन दिनों चल रही है

राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने बताया कि पंचायत चुनाव के लिए आयोग और संबंधित जिलों के स्तर पर सभी तैयारियां कर ली गई हैं पंचायत चुनाव चमोली चमोली जिले में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को निष्पक्ष स्वतंत्र और त्रटिरहित संपन्न कराने के लिए सभी रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों को प्रशिक्षण दिया गया

पंचायत चुनाव अल्मोड़ा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष केदार जोशी ने अल्मोड़ा में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की उन्होंने कहा कि पैनल के आधार पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाएंगे

वहीं जिले में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए आरओ और एआरओ का चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया शपथ पत्र रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग में पंचायत चूनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को प्लास्टिक और पॉलीथीन से निर्मित प्रचार प्रसार सामग्री का प्रयोग न करने संबंधी ्शपथ पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा जिला निर्वाचन अधिकारी मंगेश धिल्डियाल ने यह जानकारी देते हए कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में कोई भी प्रत्याशी या उसके समर्थक प्लास्टिक पॉलीथीन से निर्भित प्रचार प्रसार सामग्री का प्रयोग नहीं कर सकेंगे

देहरादून में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में हई बैठक में यह निर्णय लिया गया

इस मौके पर सर्वे कार्य के स्थल निर्धारण के लिए एक समिति का भी गठन किया गया इस समिति में उरेडा मत्स्य विभाग पर्यटन नागरिक उड्डयन और टीएचडीसी के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है

सचिव ऊर्जा राँधिका झा ने बताया कि सर्वेक्षण के बाद इस परियोजना के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था का चयन प्रक्रिया के तहत किया जाएगा लघु फिल्म मोतीबाग पौड़ी जिले के कल्जीखाल ब्लॉक के सांग्ड़ा गांव की खेती किसानी पर आधारित लघ् फिल्म मोतीबाग ऑस्कर के लिए नामित हुई है मोतीबाग प्रदेश की पहली फिल्म है जिसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ मंच पर प्रदर्शित होने का मौका मिलेगा मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने किसान विद्यादत्त के जीवन संघर्ष पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मोतीबाग के आस्कर अवार्ड के लिए नामित होने पर फिल्म निर्देशक निर्मल चंद्र डंडरियाल को बधाई और शभकामनाएं दी

जहां पर वे वर्षों से अपनी मेहनत से उन्नत खेती कर रहे हैं पलायन पर्यावरण खेती किसानी श्रम साधना की महत्ता पर आधारित यह लघ फिल्म एक आम किसान के आस पास घटते घटनाक्रम की जीवंत कहानी है इस फिल्म की पटकथा वास्तविक घटनाओं पर आधारित है जो पहाड़ के एक किसान के जीवन पर फिल्माई गई है सीएम अनुरोध मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केन्द्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नायक को पत्र लिखकर अल्मोड़ा में स्थित मिनी रत्न कम्पनी इण्डियन मैडिसिन्स फार्मास्युटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड में विनिवेश प्रक्रिया को तत्काल रोकने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का अनुरोध किया है इससे हजारों संख्या में किसानों मौनपालकों जडी बटी उत्पादकों गौपालकों और मिट्टी का कार्य करने वाले कारीगरों के परिवारों का रोजगार समाप्त होने से बच सकेंगा साथ ही परम्परागत शास्त्रीय विधि से दवा निर्माण का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा

स्वच्छता अभियान स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आज उत्तरकाशी के कलेक्ट्रेट परिसर से लेकर नगर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में सफाई अभियान चलाया गया यह अभियान जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर आम जनता को सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा है सफाई अभियान में जिलाधिकारी आशीष चौहान समेत कलेक्ट्रेट परिसर के अधिकारियों कर्मचारियों क्युआरटी टीम और विभिन्न स्कूलों से आये छात्र छात्राएं शामिल हुए स्वच्छता ही सेवा अभियान में जिलाधिकारी ने सम्बन्धित सभी विभागों को इस अभियान में बढ़चढ़ कर प्रतिभाग करने के निर्देश दिये